स्लग चुनाव प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव के लिए उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के चार सौ मतदान कार्मिकों और पच्चीस महिला मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया उनके साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को ईवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रशिक्षण दिया गया नोडल ईवीएम प्रशिक्षक आरएस रावत ने कहा कि लोकतंत्र की नींव रखने में पीठासीन और मतदान अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराना हम सभी की जिम्मेदारी है नोडल अधिकारी आरसी आर्य ने बताया कि सभी कर्मचारी आर्दश आचार संहिता का पूरी तरह पालन करें और मतदान पार्टियां मतदेय स्थल तक पंहुचने की तत्काल सूचना सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे इसके साथ ही उन्होंने अनिवार्य मॉक पोल के निर्देश दिए

स्लग बैठक हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैनात प्रेक्षकों की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी बैठक में एक हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को बताया गया कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें यदि प्रत्याशियों को कोई समस्या आती है तो वे सीधे प्रेक्षकों से सम्पर्क कर सकते हैं बैठक में ये भी कहा गया कि प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्च की जानकारी निर्धारित समय पर देकर लेखा खाते का मिलान कर लिया जाए इसके साथ ही ग्यारह अप्रैल से अड़तालिस घंटे पहले आदर्श आचार संहिता के पालन पर भी जोर देने के निर्देश दिये गए बैठक में कहा गया कि यदि किसी क्षेत्र या बूथ में गड़बड़ी की आशंका है तो इसकी सूचना प्रेक्षक को दी जाए बैठक में मौजूद सभी लोगों से निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग देने की अपील की गई

जिला प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया है इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी इसी के तहत दिव्यांग मतदाताओं के लिए आने जाने की सुविधा के साथ ही कुछ चुनिंदा जगहों पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगें टिहरी की जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर रैम्प व्हील चेयर और सहायता कर्मी भी उपलब्ध कराया जाएगा

उप निर्वाचन अधिकारी टीएस मर्तोलिया ने एलईडी रथों को ग्रामीण क्षेत्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एलईडी में विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र पचपन प्रतिशत मतदान हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि इस बार यहां के मतदाता अपनी भूमिका सुनिश्चित कर मत प्रतिशत बढ़ाएं